उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छता के लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है और देश खुले में शौच से लगभग मुक्त होने वाला है

राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन भूजल एकत्र करने और घरेलू अपशिष्ट जल के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा नामांकन प्रदेश के धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपच्नाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन आज किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दााखिल नहीं किया है

तीन अक्तूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकते हैं

इधर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस ने अब तक पार्टी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक सामाजिक दायित्व के साथ साथ मीडिया की बेहद महत्वपूर्ण भमिका है शिमला में आज रिपोर्टिंग फ्राम अ ग्लोबल हॉट स्पॉट विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही मुख्य सचिव ने पर्यावरण व विकास में संतुलन पैदा कर देश और प्रदेश को सत्त विकास की ओर अग्रसर करने पर बल दिया श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाकर खाद्य सुरक्षा के संबंध में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रीक वाहनों का प्रयोग और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जा रहे हैं श्रीकांत बाल्दी ने सामाजिक सरोकार व जनता के मुद्दों को सकारात्मक रूप से उठाने और सरकार व अधिकारियों तक इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रकारों की सराहना भी की अभियान भारतीय सांस्कृतिक निधि ने चम्बा जिला की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया है इसी कड़ी में भारतीय सांस्कृतिक निधि और भूरी सिंह संग्रहालय चम्बा के सौजन्य से हमारी धरोहर हमारा स्वाभिमान विषय पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया अभियान के तहत स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों सहित स्थानीय लोगों को भी प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है भारतीय संस्कृति धरोहर की प्रदेश संयोजक मालविका पठानिया ने बताया कि अभियान का उद्श्य बच्चों को प्राचीन धरोहरों के महत्व की जानकारी देना है

भूकम्प का केंद्र भारत और पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र बताया जा रहा है

इसके लिए माई जी ओ वी ओपन फोरम या नमो ऐप पर लोग अपने विचार भेज सकते हैं

मंडी में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि ज़िले को पूरी तरह क्षयरोग मुक्त करने के लिए कमेटियां गठित की गई हैं और इसके लिए विभिन्न विभागों का सहयोग भी लिया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि आशा वर्कर आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा ज़िले में क्षयरोग के मरीजों की पहचान की जा रही है उन्होंने रोगियों से सरकारी या सत्यापित स्वास्थ्य केंद्रों में ही जांच करवाने की सलाह दी ताकि रोग के मुताबिक उनका उपचार किया जा सके